दौरे के दौरान डी जी पी ने ड्यूटी के लिए तैनात सभी अधिकारियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया खोंसा वेस्ट उप चुनाव में तिरोंग आबोह की पत्नी चाकत आबोह और अजेत होमटोक निर्दलिय उम्मीदवार है इस सीट के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए है सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस सहित सभी बड़ी राजनैतिक पार्टिया चाकत आबोह का समर्थन कर रही है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय परिषद के तेरहवीं सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी साथ थे योजना का उद्देश्य बिना किसी खर्च के सभी महिलाओं और नवजात शिश्रओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है सरकारी अस्पतालों में महिलाओं और नवजात शिशुओं के इलाज से इंकार करना कतई सहन नहीं किया जाएगा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी देश में स्वास्थ्य के संवेदनशील मुद्दों और उनके समाधान के प्रभावी उपायों के बारे में चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नानाजी देशमुख ने अपना पूरा जीवन किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अमूल्य योगदान रहा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बंगलूरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में ध्रुव योजना का शुभारंभ किया इस अनूठे कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें उत्कृष्टता केंद्र में चौदह दिन की विशेष तैयारी कराई जाएगी ताकि उनकी क्षमता का पूर्ण विकास हो और वे समाज के लिए बेहतर काम करें श्री निशंक ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन उन्हें सिर्फ तराशने की जरुरत है जिसके बाद वे ध्रव तारे की तरह चमकने लगेंगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में चुने गए विद्यार्थी जाने माने विशेषज्ञों के साथ जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन और टैक्नोलॉजी के बारे में कार्यगोष्ठी और कार्यशाला में भाग लेंगे श्री निशंक ने यह भी कहा कि देश के पच्चीस करोड़ में से केवल साठ विद्यार्थी चुने गए हैं जिनमें समाज के हित के लिए सोच विकसित की जायेगी सरकार ने वस्तु और सेवाकर राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है राज्य स्तर के जीएसटी आयुक्तों और केंद्र सरकार के अधिकारियों की समिति से राजस्व में गिरावट को रोकने के लिए तत्काल उपाय सुझाने और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है एक आदेश में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि समिति को व्यापक सुधारों पर विचार करने को कहा गया है ताकि सुझावों की एक विस्तृत सूची बन सके समिति से दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के उपायों के साथ साथ नीतिगत उपायों और कानून में बदलाव सहित जी एस टी में व्यवस्थागत उपायों पर विचार करने को कहा गया है पाके केसांग जिले के पाके बाघ संरक्षण में हालही में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह आयोजित किया गया वन्यजीव सप्ताह के उत्सव का पहला दिन वेस्ट कामेंग जिले के तिप्पी में आयोजित किया गया तिप्पी वाइल्डलाईफ रेंज द्वारा आयोजित समारोह में तिप्पी और भालुकपोंग से स्कूली बच्चों ने संरक्षण के विषय पर पोस्टर और साइनेज डिजाइनिंग प्रतियोगिता में भाग लिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर कल दिवांग वैली जिला स्वास्थ्य विभाग ने अनिनि में एक रैली निकाली इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय था मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और आत्महत्या की रोकथाम रैली में सभी क्षेत्र से लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया लोहित जिले में भी इसी तरह का रैली निकालकर दिवस को मनाया गया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 आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान एक दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई